सीएम निर्देश राज्य सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐसी व्यवस्था की जाए कि राज्य के नागरिक अन्य राज्यों में इलाज के लिए न जाएं बताया जाता है कि राज्य को स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों और उनके संबद्व अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने के लिए एक अभियान भी चलाया जाएगा

जिन राज्यों में यह अभियान चलाया जा रहा है उनमें बिहार झारखंड ओडिशा राजस्थान और उत्तर प्रदेश भी शामिल है

अभियान के अंतर्गत बडे पैमाने पर निर्माण कार्य किये गये हैं

कृषि कैबिनेट प्रदेश में कृषि और उससे जुड़े मामलों के लिए योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि कैबिनेट का गठन किया गया गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा लोक निर्माण मेंत्री गोपाल भार्गव जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी पश्पालन मंत्री प्रेमसिंह पटेल नवीन एवं नवकरणीय मंत्री हरदीप सिंह डंग उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह क्शवाहा आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव को भी कृषि कैबिनेट में शामिल किया गया है निरीक्षण स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल भोपाल के राजीव गांधी विश्वविद्यालय स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया

स्वास्थ्य मंत्री ने साफसफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये और कहा कि भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा

पीएम आवास नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने प्रधानमंत्री आवास परियोजनाओं की समीक्षा के निर्देश दिये हैं

उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि एक मद की राशि दूसरे मद में खर्च न हो

इन्दौर लॉकडाउन इंदौर जिला प्रषासन ने बाजार के दाएं बाएं के आधार पर खुलने वाले नियम को षिथिल कर दिया है अब सभी दुकाने एक साथ खोली जा सकेगी जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था जारी रखने का भी निर्णय लिया गया

इस सत्र में अन्य राज्यों के आवेदकों के प्रवेश की व्यवस्था निर्धारित की गई है वन विहार कोरोना संक्रमण के तहत जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान प्रत्येक शनिवार और रविवार को पर्यटकों के लिये बंद रहेगा

इस दौरान सभी पर्यटकों को मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग सेनेटाइजेशन और केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में कल बारिश हुई

जबकि सतना अनूपप्र शहडोल दिन्दवाड़ा इन्दौर उज्जैन ग्वालियर सागर विदिशा रायसेन में भी गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने का अनुमान जताया गया है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में रूक रूकर बारिश का दौर जारी है